कोविड महामारी के ख़िलाफ़ देश एकज़ुट होकर लड़ रहा है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 मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से भारतोय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज से अपने दो दिवसीय लखनऊ के दौरे पर हैं वे प्रदेश में आज और कल प्रवास के दौरान कई सांगठनिक बैठकें करेंगे एवं कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे

इसके साथ ही वे लखनऊ में प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ मंत्रणा करेंगे इसके बाद उनका प्रदेश की भाजपा सरकार के मंत्रियों के साथ भाजपा कार्यालय में ही बैठक तथा पार्टी की कोर कमिटी की बैठक का कार्यक्रम है इसके अलावा वो विभिन्न कार्यकताओं के साथ बैठक करेंगे और साथ ही भाजपा सांसदों एवं विधायकों के साथ भी बैठक करेंगे

इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के गठन के बाद सुरक्षा की दृष्टि से काफी कार्य किये गये हैं जिससे सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के बारे में आम नागरिक को जागरूक किया जाना आवश्यक है

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा के पहले सप्ताह में व्यापक जागरूकता दूसरे सप्ताह में प्रवर्तन तीसरे सप्ताह में कार्रवाई तथा चौथे सप्ताह में मोटर वाहन एक्ट तथा अन्य कार्रवाई की जायेगी इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना टीकाकरण अभियान की पूरी कार्रवाई भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों और कम के अनुसार संचालित की जाये उन्होंने कहा कि अभियान के पहले चरण में हेल्थ वर्कर का टीकाकरण किया जा रहा है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संकमण पर काबू पाने के लिए किये जा रहे प्रयासों के चलते संकमण की स्थिति नियंत्रण में है उन्होंने कहा कि यहां संकमण की दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है लकिन यह अभी समाप्त नहीं हुआ है इसलिए हर स्तर पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान अनलाक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था को बनाए रखा जाये

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू से ही स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के प्रभावी पयास किये गये थे जिसके बेहतर परिणाम मिले हैं उन्होंने कहा कि आईसीयू अच्छी टैस्टिंग व्यवस्था वेंटीलेटर सहित अन्य चिकित्सकीय उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था ने राज्य में कोरोना संकमण नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने नमूनों की जांच पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता बताई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एमएसएमई सेक्टर में रोजगार उपलब्ध कराने की अपार संभावनाएं है जिसकों देखत हुए राज्य सरकार नई एमएसएमई इकाईयों की स्थापना और पहले की इकाईयों को सुदृढ़ करने के लिए हरसंभव सहायता और सुविधाएं प्रदान कर रही है मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे

भाजपा के जो प्रत्याशी आज विजयी घोषित हुए हैं वे हैं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा अरविन्द कुमार शर्मा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य कुॅवर मान्वेन्द्र सिंह गोविन्द नारायण शुक्ला सलिल बिश्नोई अश्वनी त्यागी धर्मवीर प्रजापति और सुरेन्द्र चौधरी समाजवादी पार्टी के दो प्रत्याशी अहमद हसन और राजेन्द्र चौधरी भी निर्विरोध विजयी घोषित किये गये

आज नाम वापसी के अंतिम दिन इन सभी को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर सभो निर्वाचित सदस्यों को बधाई दी है

मंत्रालय ने बताया कि देश के मशहूर कलाकार हुनर हाट में प्रतिदिन आत्मनिर्भर भारत विषय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे बलरामपुर जनपद में उद्यान विभाग द्वारा दो दिवसीय किसान मेला और संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें किसानों को वैज्ञानिक तरीके से जैविक खेती के बारे में जानकारी दी गई एक रिपोर्ट डिस्पैच जनपद बलरामपुर में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार के अनेक योजनाओं द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है उद्यान विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत आयोजित दो दिवसीय गोष्ठी में कल किसान मेला आयोजन किया गया वहीं आज दूसरे दिन कृषकों को भ्रमण हेतु सेंटर आफ एक्सीलेंस बस्ती के लिए रवाना किया गया किसानों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए मुख्य विकास अधिकारी अमनदीप डुली ने बताया कि बस्ती में इजरायल की तकनीकी पर आधारित फल पौध उत्पादन हेतु पाली हाउस लगाया गया है जिसमें फल व सब्जी के पौधे तैयार किए जा रहे हैं साथ ही बागवानी के अच्छे मॉडल विकसित किए गए हैं जिन्हें देखकर एवं सीख कर किसान स्वयं अपनाएंगे तथा क्षेत्रीय किसानों के लिए रोल मॉडल बनेंगे राम कुमार मिश्र आकाशवाणी समाचार बलरामपुर

केन्द्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक एक करोड एक लाख से भी अधिक मकानों के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है

इसके लिए एक लाख अस्सी हजार करोड रूपये से अधिक का भुगतान किया गया है कृषि मंत्रालय ने कहा है कि सरकार वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अंतर्गत खरीफ फसलों की उपज की खरीद जारी रखेगी